पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में कई स्थानों पर तेज बारिश श्री नरेन्द्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद् अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी जायेगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्री मोदी को द्रसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलायेंगे इसके बाद प्रधानमंत्री के कैबिनेट सहयोगियों को शपथ दिलायी जायेगी समारोह में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री विपक्षी दल के नेता कला और उद्योग जगत की प्रमुख हरितयों उपस्थित रहेंगी इसके अलावा पड़ोसी देश नेपाल बांग्लादेश भूटान के साथ साथ अन्य कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले रहे हैं समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किये गये हैं नरेन्द्र मोदी की मंत्रिपरिषद में बिहार एनडीए के कई नेताओं को शामिल किये जाने की संभावना है सूत्रों के मुताबिक निवर्तमान केन्द्र सरकार के कई मंत्रियों को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने बताया कि घटक दल से एक एक सांसद को केन्द्र सरकार में शामिल किया जा सकता है लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान को मंत्रिमंडल में शपथ दिलायी जायेगी इसके अलावा रविशंकर प्रसाद अश्विनी कुमार चौबे आरके सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे इधर जनता दल यूनाईटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मांग के अनुरूप प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया है किशनगंज संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया लोकसभा चुनाव में राज्य की चालीस सीटों में केवल किशनगंज सीट पर महागठबंधन को जीत मिली थी वर्ष दो हजार सोलह के इंटर परीक्षा परिणाम और मेधा सूची घोटाले के मामले में पटना की विशेष अदालत ने छह गवाहों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है उनमें तत्कालीन अपर प्रलिस अधीक्षक राकेश कुमार इंटर कांउसिल के अपर निदेशक राजीव प्रताप सिंह और कांउसिल के अन्य कर्मचारी शामिल हैं आरोप तय होने के बाद अभियोजन की गवाही के लिये लगभग डेढ़ वर्षों से मामला लंबित है अब तक सिर्फ तीन गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद किया जा सका है गौरतलब है कि परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी और मेधा सूची में अनियमितता के मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिन्हा सचिव हरिहर नाथ झा और एक निजी कॉलेज के संरक्षक बच्चा राय समेत अड़तीस लोगों के खिलाफ मामला लंबित है पटना स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी संगठनों को हथियार सप्लाई करने के मामले में मणिपूर निवासी एक अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है पूर्णियां जिले के बायसी थाना में उसके खिलाफ उग्रवादी संगठनों को हथियार उपलब्ध कराने का मामला दर्ज कराया गया था इसी मामले में आज अभियुक्त की न्यायालय में पेशी हुई जिसके बाद अठारह जून तक उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया पश्चिम चंपारण जिले के साठी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार जाली नोट के कथित तस्कर से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है पुलिस ने कल राम परसौना गांव में छापेमारी कर राकेश चौधरी को गिरफ्तार किया था पूर्व में भी उस पर जाली नोट के तस्करी के मामले दर्ज हुए हैं प्रदेश में विभिन्न केन्द्रीय जेलों और मंडल कारा में आज एक साथ की गयी छापेमारी में कैदियों के वार्ड से आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये हैं जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में की गयी छापेमारी में विभिन्न कैदियों के वार्ड की तलाशी ली गयी मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने कहा कि जिन जेलों में आपत्तिजनक सामान जब्त की गयी है उनके जेलरों के खिलाफ लापरवाही बरतने के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी मुजफ्फरपुर में दिमागी ब्रखार से पीड़ित आठ बच्चों का श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनील शाही ने बताया कि इनमें से चार बच्चों की हालत गंभीर है उन्होंने बताया कि इंसेफ्लाईटिस बीमारी के इलाज की गाईड लाईन के अनुसार ही बच्चों का इलाज किया जा रहा है श्री शाही ने बताया कि खून जांच की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये बच्चे जापानी इंसेफ्लाईटिस से पीड़ित हैं या नहीं मौसम विभाग ने अगले दो से तीन घंटों के दौरान बांका गोपालगंज जिले में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी आशंका है आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम के रूख में अचानक होने वाले परिवर्तन के आशंका के मद्देनजर संबंधित क्षेत्र के लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है इधर पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले में कई स्थानों पर तेज गरज के साथ बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है प्रदेश के पूर्वी हिस्से में चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बने रहने के कारण कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में कटिहार मधेपुरा सुपौल किशनगंज भागलपुर और खगड़िया में सात मिलीमीटर से पचपन मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गयी है सबसे अधिक पचपन मिलीमीटर बारिश कुरसेला में रिकार्ड की गयी इधर पूर्वी हिस्से को छोड़कर राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है पटना गया सहित कई अन्य शहरों में लू जैसे हालात बने हुए हैं गर्म हवा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान चौवालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया अरवल जिले में सोन नहर में पानी नहीं आने के कारण किसान धान की बिचड़ा नहीं डाल पा रहे हैं क्षेत्र के किसानों ने राज्य सरकार से सोन नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की है बारहवां विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है विश्व कप का पहला मुकाबला लंदन में मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है ताजा जानकारी के अनुसार इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर दो ौ अस्सी रन बना लिये हैं इधर भारत विश्व कप में अपने अभियान की शुरूआत पांच जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले के साथ करेगा सोलह जून को चिरप्रतिद्वंदी पाकिस्तान के विरूद्ध भारतीय टीम अपनी ताकत दिखायेगी औरंगाबाद लखीसराय और पश्चिम चंपारण जिले में आज अलग अलग सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गयी जबकि दस अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये हमारे संवाददाता ने बताया कि औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवकली मोड़ के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एक सौ उनतालीस पर ट्रक की चपेट में आने से एक महिला और उसके दो बच्चों की मौत हो गयी हादसे में चार लोग घायल हो गये घटना से आक्रोशित लोगों ने कई घंटों तक औरंगाबाद पटना मार्ग को जाम कर दिया बाद में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मृतक के परिजनों को चार चार लाख रूपये के मुआवजा राशि का चेक दिये जाने के बाद लोग शांत हुए इधर लखीसराय जिले के तेतरहाट थाना क्षेत्र के खैरा गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक ग्रामीण की मौत हो गयी घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जमुई लखीसराय मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र अंतर्गत हरबदन गांव में जहरीली चाय पीने से एक यूवती की मौत हो गयी जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार हो गये पुलिस ने बताया कि चाय बनाने के दौरान भूलवश युवती ने कीटनाशनक डाल दिया था कटिहार जिले की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने बाल श्रम के मामले में दो आरोपियों को चौदह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है निजाम अहमद और मोहम्मद मुर्तजा को पांच बच्चों को एक फैक्ट्री में बाल श्रम के लिये ले जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था शिवहर जिले में उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश ने एक आरोपी को शराब रखने के मामले में पांच साल जेल और एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है इधर अररिया जिले में जिलाधिकारी ने सात निश्चय योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में पांच अभियंताओं के वेतन पर रोक लगा दी है

पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में कई स्थानों पर तेज बारिश